पिछले चौबीस घंटों के दौरान एक भी पॉजिटिव मामला सामने नहीं आया

प्रदेश में अब तक कोरोना संक्रमित सत्ताईस मरीजों को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गयी है कल आठ मरीजों को डिस्चार्ज किया गया इनमें से चार को पटना के एनएमसीएच से दो को गोपालगंज सदर अस्पताल से और गया के एनएमसीएच तथा भागलपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल से एक एक मरीज को छुट्टी दी गयी इन सभी मरीजों को अभी चौदह दिनों के आइसोलेशन में रहना होगा इधर प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण का एक भी पॉजिटिव मामला सामने नहीं आया स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार कल तक छह हजार सात सौ तीन नमूनों की जांच हुई है प्रदेश में अभी तक चौंसठ मरीजों के नमूने पॉजिटिव पाये गये हैं इनमें से एक की मौत हुई है जबकि सत्ताईस मरीज पूरी तरह स्वस्थ होकर अपने घरों को लौट चुके हैं अभी छत्तीस मरीजों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है इधर हमारे नवादा संवाददाता ने खबर दी है कि पार नवादा के जिस पहले व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी अब इलाज के बाद उसकी एक जांच रिपोर्ट निगेटिव आयी है इधर देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर नौ हजार एक सौ बावन हो गयी है इनमें से आठ सौ छप्पन लोग ठीक हो चुके हैं जबकि तीन सौ आठ लोगों की मौत हो चुकी है मुख्यमंत्री नीतीश क्मार ने सरकारी अस्पतालों में जल्द से जल्द ओपीडी और आपातकालीन सेवाओं को शुरू कराने का निर्देश दिया है उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में श्री कुमार ने सबसे पहले इमरजेंसी और प्रसव सेवाओं को शुरू कराने को कहा उन्होंने निजी अस्पतालों में भी सामान्य मरीजों का इलाज शुरू करवाने के निर्देश दिये हैं श्री कुमार ने अधिकारियों से कोरोना मरीजों के साथ साथ सामान्य मरीजों के लिए भी एम्ब्रेलेंस की पर्याप्त व्यवस्था करने को कहा है उन्होंने राज्य के बाहर से आने वाली गाड़ियों की सीमा पर गहन जांच कराने के भी आदेश दिये हैं मुख्यमंत्री ने आवश्यक दवाओं की खरीद का भी निर्देश दिया जिससे आम लोगों को परेशानी न हो संदिग्ध दिमागी बुखार के आ रहे मामलों के मद्देनजर श्री कुमार ने अस्पतालों में गहन शिशु चिकित्सा इकाई में पर्याप्त तैयारी रखने और टीकाकरण का काम पूरा कराने का अधिकारियों को आदेश दिया है गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से राहत शिविरों में रह रहे प्रवासी मजदूरों के कल्याण के लिए उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का पालन करने को कहा है मंत्रालय ने कोविड उन्नीस के प्रकोप से निपटने के लिए लागू लॉकडाउन को प्रभावी बनाने के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर आवश्यक कदम उठाने को कहा है न्यायालय ने देशभर में राहत शिविरों में प्रवासी मजदूरों को लिए पर्याप्त चिकित्सा सुविधा तथा भोजन स्वच्छ पेय जल और साफ सफाई सुनिश्चित करने को कहा है राज्य सरकार ने दूसरे राज्यों में फंसे पांच लाख बाईस हजार प्रवासी बिहारियों के बैंक खातों में अब तक एक एक हजार रूपये की राशि भेजी है सूचना और जनसम्पर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने ये जानकारी दी

केन्द्र सरकार ने कहा है कि देश में आवश्यक वस्तुओं की कोई कमी नहीं है और आवश्यक वस्तुओं को राज्यों के भीतर और बाहर लाने ले जाने पर किसी तरह की रोक नहीं है गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव प्रण्य सलिला श्रीवास्तव ने बताया कि मंत्रालय का नियंत्रण कक्ष नागरिक उड्डयन उपभोक्ता मामले तथा रेल मंत्रालय के अधिकारी आवश्यक वस्तुओं के परिवहन से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए मिलकर काम कर रहे हैं उन्होंने बताया कि कोरोना से सर्वाधिक संक्रमित इलाकों में राज्य सरकारें लोगों के घरों तक आवश्यक सामग्रियां पहुंचा रही हैं बाईट हॉटस्टॉप एरियाज में राज्य सरकारें एसंशियल कमोडिटीज की डोर टू डोर डिलीवरी के लिए प्रयासरत है जिससे कि लोगों को घरों से बाहर न निकलना पड़े इस कार्य के लिए वे वॉलियंटियर एवं सिविल सोसाइटी आर्गनाइजेशन का भी सहयोग ले रहे हें कुछ स्थानों पर आर्मी यूनिट्स भी आगे आए हैं वे ग्रामीण क्षेत्रों में फुड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एवं जागरुकता बढ़ाने के लिए अपना योगदान दे रहे हैं केन्द्र सरकार ने कोविड उन्नीस प्रकोप के मद्देनजर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण राहत पैकेज के अंतर्गत लगभग बत्तीस करोड़ लाभार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी के जरिये अट्ठाईस हजार करोड़ रूपये से अधिक की सहायता प्रदान की है

हर लाभार्थी को उनके खाते में दो हजार रु दिया गया है

आठ करोड से अधिक महिलाओं को प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत तीन महीने के लिए मुफ्त एलपीजी सिलिंडर दिया जाएगा दिवाकर के साथ अनुपम मिश्र आकाशवाणी समाचार दिल्ली उपभोक्ता मामलों के केंद्रीय मंत्री राम विलास पासवान ने कहा है कि देश में खाद्यान्न की कोई कमी नहीं है और सरकार कालाबाजारियों और जमाखोरों से कड़ाई से निपट रही है

खाद्य और उपभोक्ता विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल ने यह जानकारी दी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद तथा इसकी अड़तीस प्रयोगशालाओं के कदमों की समीक्षा की डॉ हर्षवर्धन ने वीडियो कांफ्रेंस के जरिये प्रयोगशालाओं के निदेशकों को संबोधित करते हुए उनकी सराहना की उन्होंने कहा कि वैज्ञानिकों और मंत्रालयों को कोरोना महामारी से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए मिल कर काम करने की जरूरत है केन्द्र सरकार ने कहा है कि कोविड उन्नीस के लिए विशेष रूप बनाए गए अस्पतालों में एक लाख पांच हजार बिस्तर तैयार रखे गए हैं स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि देशभर के सरकारी और निजी अस्पतालों में कोरोना संक्रमण की जांच का काम तेजी से बढ़ाया जा रहा है

बींग ओवर प्रीपेयर बींग एक्ट्रा कॉसस देश के लेवल पर हम अपने नम्बर ऑफ डेटिकेटेट कोविड हॉस्पिटल और इसके साथ ही नम्बर ऑफ अवेलबल आइसोलेसेशन बेड्स को बढ़ाते जा रहे हैं यह बहुत इम्पोटेंट हैं क्योंकि इस महामारी में एक्सपोनेशियल राइज हो सकता है तो देश के लेवल पर एक अंडरस्टेंडिंग एक एफर्ट यह है कि उसके लिए एक्स्ट्रा प्रीपेयर रहे श्री अग्रवाल ने कहा कि कोविड उन्नीस मरीजों का इलाज कर रहे स्वास्थ्यकर्मियों के लिए सरकार ने ट्रेनिंग की भी खास व्यवस्था की है बाईट हमारा एक और मेजर एफर्ट है कि हम अपना हेल्थ स्टाफ को प्रोपर्ल ओरियंट करें जिसके तहत हम अपने हेत्थ स्टाफ को डिफरेंट तरीके से डिफरेंट लेवल पर एपडिमियोलॉजी इंफेक्शन प्रिवेंशन ऑल कंट्रोल क्लीनिंकल मैनेजमेंट वेटिलेटर मैनेजमेंट हाउ दू मैनेज बॉयलोजिकल वेस्ट बायोमेडिकल वेस्ट और साथ ही फिल्ड लेवल पर अगर केसेज आए तो उनको बिना किसी तरह के प्राब्लम के कैसे उनको केसेज को एडमिट करना कोई इंफेक्शन प्रिवेंशन को हम उसको मैनेज कर सकें उस चीज की एक्सरसाइज ट्रेनिंग पिछले दो महीने से देशव्यापी लेवल पर हम देते आ रहे हैं भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने कहा है कि कोविड उन्नीस से निपटने के लिए चालीस प्रकार के टीकों पर काम हो रहा है परिषद के वैज्ञानिक डॉक्टर मनोज मुरहेकर ने यह जानकारी दी राज्य सरकार ने किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए सभी जिला अस्पतालों में एक एक सौ ऑक्सीजन सिलेंडर का बफर स्टॉक तैयार किया है स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि अन्य स्वास्थ्य केन्द्रों पर पचास पचास ऑक्सीजन सिलेंडर का बफर स्टॉक तैयार किया गया है उन्होंने बताया कि राज्य में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए बनाये गये तीन नोडल अस्पतालों में अभी एक सौ सोलह आईसीयू बेड और पचास वेंटिलेटर उपलब्ध हैं प्रदेश में एक मार्च के बाद विदेश से आये हर व्यक्ति के घर के तीन किलोमीटर के दायरे में लोगों की स्क्रीनिंग की जायेगी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग ने इसके लिए कार्य योजना तैयार की है इस दौरान जो भी कोरोना संदिग्ध पाये जायेंगे उनके नमूने जांच के लिए लिये जायेंगे स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा है कि मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच को भी भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद से कोरोना के जांच की अनुमति मिल गई है उन्होंने बताया कि पटना एम्स में भी जांच मशीन की स्थापना का काम पूरा कर लिया गया है गौरतलब है कि प्रदेश में अभी चार जगहों पटना के पीएमसीएच आरएमआरआई आईजीआईएमएस और दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कोरोना की जांच हो रही है पूर्व मध्य रेलवे के दानापुर मंडल ने पीपीई किट के नमूने तैयार किये हैं मुख्य जनसम्पर्क पदाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि डीआरडीओ द्वारा नमूने को मंजूरी मिल जाने के बाद इसका उत्पादन श्रू कर दिया जायेगा उन्होंने बताया कि अब तक मंडल ने पंचानवे रेल बोगियों को आइसोलेशन वार्ड में बदल दिया है पटना उच्च न्यायालय ने लॉकडाउन के दौरान आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे अधिवक्ताओं और अधिवक्ता क्लर्क को किसी प्रकार की सहायता नहीं मिलने का स्वतः संज्ञान लिया है मुख्य न्यायधीश संजय करोल ने इस संबंध में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ साथ राज्य स्तर पर काम कर रहे अधिवक्ता संघों और राज्य सरकार से जानकारियां मांगी हैं केन्द्र सरकार के निर्देश पर राज्य सरकार ने प्रदेश के ईंट भट्ठों और सीमेंट उद्योग को कुछ शर्तो के साथ उत्पादन की अनुमति दे दी है उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बताया कि कार्य स्थल पर ही मजदूरों के रहने और खाने पीने की व्यवस्था होगी उन्होंने बताया कि अभी ईंट और सीमेंट की बिक्री पर पहले की तरह रोक जारी रहेगी राज्य सरकार ने लॉकडाउन में कोल्ड स्टोरेज के संचालन की अनुमति दे दी है जारी आदेश में कहा गया है कि स्टोरेज में काम करने वाले मजदूरों के रहने की व्यवस्था वहीं करनी होगी और सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करवाने की जिम्मेदारी कोल्ड स्टोरेज के मालिक की होगी राज्य सरकार सत्तर हजार से अधिक वैसे परिवारों को दो दो हजार रूपये की सहायता राशि देगी जो शराबबंदी से पूर्व देसी शराब और ताड़ी के व्यवसाय से जुड़े हुये थे ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत अब तक उनतालीस हजार से अधिक परिवारों को यह राशि उपलब्ध करा दी गयी है नेपाल के रास्ते कथित रूप से कोरोना संक्रमितों को भारत भेज कर यहां के लोगों में संक्रमण फैलाने की साजिश रचने वाले जालिम मुखिया को नेपाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है सूत्रों ने बताया कि उसके ठिकाने से गिरफ्तार किये गये अन्य लोगों में से तीन में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है कोरोना संक्रमण को लेकर ड्यूटी पर लगाये गये पटना के पीरबहोर थाना के दारोगा वर्ल्ड जीत कुमार को कर्तव्य में लापवाही बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है भारत नेपाल सीमा से लगे पूर्वी चंपारण जिले के सीमा क्षेत्र से एसएसबी के जवानों ने भारतीय सीमा में प्रवेश करते दस संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया है राज्य सरकार दूरदर्शन के माध्यम से नौवीं और दसवीं कक्षा के छात्रों के लिए वर्ग का संचालन करेगी बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के कार्यक्रम पदाधिकारी किरण कुमार ने बताया कि हर अध्याय का वीडियो बनाया गया है और छात्र स्मार्ट क्लास की ही तरह पढ़ाई कर सकेंगे उन्होंने बताया कि हर दिन ग्यारह से बारह बजे के बीच कक्षाओं का संचालन होगा कार्यक्रम पदाधिकारी ने बताया कि पन्द्रह अप्रैल से नई व्यवस्था शुरू करने की योजना है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां हिन्दुस्तान दैनिक जागरण प्रभात खबर और दैनिक भास्कर समेत आज के सभी समाचार पत्रों ने प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण से मुक्त हुये मरीजों से जुड़ी खबर को सचित्र प्रकाशित किया है इसके अलावा लॉकडाउन में बरती जा रही सख्ती और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा की गयी समीक्षा बैठक से जुड़ी खबरें राष्ट्रीय सहारा और आज समेत सभी समाचार पत्रों की प्रमुख सुर्खी है

पिछले चौबीस घंटों के दौरान एक भी पॉजिटिव मामला सामने नहीं आया